समारोह में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विभिन्न विभागों की योजनाओं परियोजनाओं और विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास कर रहे हैं इस अवसर पर श्री गहलोत ने जन कल्याण पोर्टल का लोकार्पण किया इस पोर्टल के माध्यम से सभी सरकारी योजनाओं में पात्रता शर्तो और लाभ की जानकारी मिल सकेगी सरकार की उपलब्धियां नवाचार और आमजन के लिए उपयोगी परिपत्र तथा आदेशों का संकलन भी इस पोर्टल में होगा कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने सूचना और जनसंपर्क विभाग द्वारा राज्य सरकार की उपलब्धियों पर तैयार डॉक्यूमेंट्री का विमोचन किया और दो वर्ष की उपलब्धियों पर वर्च्यअल प्रदर्शनी का उदघाटन भी किया समारोह में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविन्द सिंह डोटासरा सूचना और जनसंर्क मंत्री डॉ रघ् शर्मा और अन्य मंत्रीगण तथा जनप्रतिनिधि मौजूद हैं इस कार्यक्रम का सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर सीधा प्रसारण किया जा रहा है

अजमेर विद्युत वितरण निगम ने बिजली से संबंधित दुर्घटनाओं को रोकने के लिए उच्च स्तरीय कमेटी गठित की है

प्रदेश के अधिकांश जिलों में कड़ाके की ठंड और शीतलहर से जन जीवन प्रभावित हो रहा है राज्य में विभिन्न स्थानों पर न्यूनतम तापमान सात डिग्री सैल्सियस से नीचे पहुंच गया है वहीं तीन स्थानों पर पारा जमाव बिन्दु से नीचे दर्ज गया है